राजस्थान से राज्यसभा के लिए राजेन्द्र गहलोत भाजपा प्रत्याशी होंगे

दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने ये सदस्यता ली

इस बीच मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनकी अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंचे इसके बाद इन विधायकों को दिल्ली रोड के एक रिसोर्ट में ठहराया गया है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को गुरुग्राम भेजा है

राजस्थान से राजेन्द्र गहलोत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है वहीं कांग्रेस से आज ही भाजपा में शामिल हुए ज्यातिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया भाजपा ने दो सीटें अपने सहयोगी दलों को देने का भी निर्णय किया है

मतदान के एक घंटे बाद वोटों की गिनती की जाएगी

वहीं राजस्थान की तीन सीटों के लिए वोट डाले जायेंगे

इस आयोजन को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक जनसहभागिता पर जोर दिया जा रहा है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज इनके निर्माण कार्यो का शिलान्यास किया

सहकारिता विभाग ने खरीद की तैयारियां शुरू कर दी है इस बार सरकार ने खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है इसके तहत जो किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचेंगे उनको खुद ईमित्र केंद्र पर पहुंचकर पंजीयन करवाना होगा

इटली के दो नागरिकों के बाद द्बई से लौटे एक व्यक्ति में इस संक्रमण की पृष्टि हई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है

श्री सिंह ने बताया कि कोरोना संदिग्ध रोगियों का इलाज नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी इस बारे में तीन निजी अस्पतालों को नोटिस भी जारी किये गये हैं भारतीय रेल ने भी कोरोना से बचाव और उपचार के लिए व्यापक तैयारियां शुरु कर दी हैं

राज्य में अगले महीने से दो हजार नये चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु होगी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि अप्रेल महीने से ये प्रक्रिया शुरु होगी इसके अलावा जोधपुर और अजमेर जिलों में नये होम्योपैथी कॉलेज खोले जायेंगे इसके लिए जिला कलेक्टर को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं

कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्डो की लॉटरी कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा की निगरानी में निकाली गई उधर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगमों की लॉटरी भी आज निकाली गई राज्य निर्वाचन आयोग ने सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये हैं इसके लिए जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जायेगा

कुलपति डॉ अनुला मौर्य ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शास्त्रर और आचार्य पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी जर्मन भाषा का अध्ययन कर सकेंगे इसके अलावा नये सत्र से पत्रकारिता और जनसंचार में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरु किया जायेगा

मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तर पश्चिम राज्यों के साथ राजधानी जयपुर के लिये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अजमेर अलवर भरतपुर धौलपुर सीकर सवाईमाधोपुर नागौर बीकानेर हनुमानगढ श्रीगंगानगर और चूरू में कल कहीं कहीं तेज हवा के साथ ओले गिरने के आसार हैं श्रीगंगानगर में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच ब्रंदाबांदी जारी रही वहीं जिले में पदमपुर सहित कई स्थानों पर े ओले भी गिरे

मौसम में आये बदलाव के कारण राज्य में अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

इस दौरान कन्याए और महिलाए गणगौर माता की पूजा करती हैं